उन्होंने यह भी कहा कि ऊर्जा उत्पादन में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी मौजूदा छह दशमलव दो प्रतिशत से बढ़ाकर पंद्रह प्रतिशत कर दी जाएगी प्रधानमंत्री ने केरल में कोच्चि से कर्नाटक के मंगलुरु तक चार सौ पचास किलोमीटर लंबी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का उद्घाटन करते हुए आज यह बात कही श्री मोदी ने कहा कि मौजूदा सरकार ने तेल और गैस क्षेत्र में तेजी से सुधार किए हैं अक्षय ऊर्जा की पहुंच बेहतर की है और इस क्षेत्र की बुनियादी आवश्यकताएं तीव्रता से पूरी की है श्री मोदी ने कहा कि केन्द्र सरकार की नीतिगत पहल से रसोई गैस का इस्तेमाल बढ़ने से कैरोसीन पर राज्यों की निर्भरता कम हुई है प्रधानमंत्री ने बताया कि वर्ष दो हजार चौदह तक केवल चौबीस करोड़ एलपीजी कनेक्शन थे जबकि इसके बाद के छह वर्ष में चौबीस करोड़ नए कनेक्शन दिए गए हैं उज्जवला योजना के तहत आठ करोड़ गरीबों को ये कनेक्शन दिए गए हैं श्री मोदी ने कहा कि कोरोना महामारी के कारण लॉकडाउन के दौरान केन्द्र सरकार ने बारह करोड़ सिलेंडर निःशुल्क उपलब्ध कराए श्री मोदी ने कहा कि इस पाइपलाइन के कार्यान्वयन से देश की हजारों करोड़ रूपये की विदेशी मुद्रा के खर्च में बचत होगी इससे लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिलेगी

ये प्रयास हमें उसमें भी मदद करेंगे

इसका उद्देश्य कोरोना टीकाकरण की तैयारियों का परीक्षण करना है चयनित जिलों में यह मॉकड्रिल सुबह दस बजे से दोपहर दो बजे तक होगी इसके बाद शाम पांच बजे तक जिला टास्क फोर्स द्वारा इसकी समीक्षा की जाएगी जिसकी रिपोर्ट नौ जनवरी को राज्य सरकार के पास भेजी जाएगी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की संचालक डॉक्टर प्रियंका शुक्ला ने बताया कि मॉकड्रिल के दौरान को विन ऐप में एंट्री से लेकर वैक्सीन लगाने तक कितना समय लगता है यह भी देखा जाएगा डॉक्टर शुक्ला ने बताया कि यह मॉकड्रिल हर जिले के एक शहरी और एक ग्रामीण क्षेत्र में किया जाना है इसके लिए को विन लिंक का इस्तेमाल किया जाएगा सात जनवरी को बलरामपुर बीजापुर दंतेवाड़ा जशपुर कांकेर कोंडागांव कोरिया नारायणपुर सुकमा और सूरजपुर जिले में मॉकड्रिल किया जाएगा इसके अगले दिन आठ जनवरी को बालोद बलौदाबाजार बेमेतरा धमतरी गरियाबंद जांजगीर चांपा कवर्धा कोरबा महासमुंद मुंगेली और रायगढ़ जिले में कोरोना टीकाकरण की तैयारियों का परीक्षण किया जाएगा इससे पहले प्रदेश के सात जिलों में कोरोना टीकाकरण का ड्राय रन हो चुका है इस बीच स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने लोगों से अपील की है कि वे लक्षण दिखते ही कोरोना की जांच कराएं ताकि इलाज जल्द से जल्द शुरू हो सके और दूसरे व्यक्ति तक संक्रमण न फैलें स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी एक बयान के मुताबिक कई लोग कोरोना संक्रमण से बचाव संबंधी दिशा निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं इससे संक्रमण का खतरा बढ़ा है साथ ही प्रदेश में पिछले महीने कोरोना संक्रमण से मृत्युदर का प्रतिशत बढ़ा है अट्ठारह से चौबीस दिसंबर के बीच मृत्युदर शून्य दशमलव नौ दो प्रतिशत रही इस दौरान कोरोना संक्रमण से ज्यादातर ऐसे व्यक्तियों की मौत हुई जो लक्षण नजर आने के बाद भी अस्पताल में भर्ती नहीं हुए और इस कारण जिन्हें सही समय पर इलाज नहीं मिल सका

श्री बघेल आज जांजगीर में आयोजित किसान सम्मेलन में शामिल हुए इस मौके पर उन्होंने कहा कि चंद्रपुर विधानसभा क्षेत्र की हसदेव परियोजना में शामिल तीन नहरों का संवर्धन और संधारण किया जाएगा साथ ही मुख्यमंत्री ने गांव गांव तक डेयरी विकास के क्षेत्र में कार्य करने की भी घोषणा की श्री बघेल ने यह भी कहा कि किसानों की बेहतरी के लिए संचालित राजीव गांधी किसान न्याय योजना निरंतर जारी रहेगी इस मौके पर उन्होंने एक हजार बयासी करोड़ रूपये से अधिक के विभिन्न निर्माण कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन किया इससे पहले कल मुख्यमंत्री ने कोरबा प्रवास के दौरान एक जनसभा को संबोधित करते हुए कोरबा मेडिकल कॉलेज का नामकरण स्वर्गीय बिसाहू दास महंत के नाम पर करने की घोषणा की साथ ही उन्होंने अजगरबहार और बरपाली को तहसील बनाने का भी ऐलान किया मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरबा स्थित अशोक वाटिका उद्यान को ऑक्सीजोन के रूप में विकसित किया जाएगा इसके लिए उन्होंने दस करोड़ रूपये देने की घोषणा की वहीं भैसमा स्थित महाविद्यालय का नाम प्यारेलाल कवर के नाम पर करने और कोरबा के इंदिरा स्टेडियम में खेल अकादमी बनाए जाने की घोषणा भी की

श्री बघेल ने कहा कि लेमरू अभयारण्य क्षेत्र में निवास करने वाले आदिवासी समुदाय के लोगों को वन अधिकार पत्र वितरण के साथ पहले की तरह अन्य सभी सुविधाएं भी मिलती रहेंगी उन्होंने इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों को भरोसा दिलाया कि उन्हें लघु वनोपज के संग्रहण में भी किसी तरह की परेशानी नहीं होगी अपने संबोधन में श्री बघेल ने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा एफसीआई में चावल जमा करने की अनुमति मिल जाने से अब राज्य में बिना किसी परेशानी के समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का कार्य हो सकेगा मुख्यमंत्री कल गौरेला पेण्ड्रा मरवाही जिले के दौरे पर रहेंगे इस दौरान वे लोकार्पण भूमिपूजन और आमसभा सहित कई अन्य कार्यक्रमों में शामिल होंगे

अब तक लगभग पचपन लाख मीटरिक टन धान की खरीदी हो चुकी है इसके एवज में राज्य के बारह लाख से अधिक किसानों को नौ हजार करोड़ रूपये से ज्यादा का भुगतान किया जा चुका है राज्य सरकार द्वारा अब तक धान खरीदी के लिए तीन लाख तीन हजार गठान बारदानों की व्यवस्था की गई है वहीं राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार से नये जूट बारदाने की पैंतीस हजार गठान की अतिरिक्त आपूर्ति करने की मांग की है इस बीच राजनांदगांव में किसानों ने धान खरीदी केन्द्रों में सुचारू रूप से खरीदी कार्य संचालित करने और बारदाने की पर्याप्त उपलब्धता की मांग को लेकर आज प्रदर्शन किया मिली जानकारी के मुताबिक किसान अपनी मांगों को लेकर एसडीएम कार्यालय जाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन इससे पहले ही पुलिस ने बैरीकेड्स लगाकर इन्हें रोक लिया बाद में एसडीएम मुकेश रावटे ने किसानों से चर्चा की और उनकी मांगों को जल्द पूरा करने का आश्वासन दिया इसके अलावा जिले के डोंगरगांव डोंगरगढ़ खैरागढ़ और मोहला एसडीएम कार्यालय में भी किसानों द्वारा प्रदर्शन किए जाने के समाचार मिले हैं वहीं महासमुंद जिला कलेक्टर डोमन सिंह ने महासमुंद और बागबाहरा के तीन धान खरीदी केन्द्रों का निरीक्षण कर खरीदी व्यवस्था का जायजा लिया उन्होंने मामा भांजा चरौदा और खोपली धान खरीदी केन्द्र में किसानों से बातचीत कर भुगतान राशि के बारे में जानकारी ली वहीं जिले में राजस्व और खाद्य विभाग की टीम ने अवैध रूप से धान भंडारण के अलग अलग मामलों पर तीन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है चिरमकेल तिलंजनपुर और परेवापली गांव से करीब एक सौ बीस बोरा धान जब्त किया गया है भाजपा बैठक भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय महामंत्री और प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी ने आरोप लगाया है कि राज्य में बढ़ती बेरोजगारी के कारण आपराधिक मामलों में बढ़ोत्तरी हुई है सुश्री पुरंदेश्वरी ने आज महासमुंद में मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि राज्य सरकार हर मोर्च पर विफल रही है उन्होंने राज्य सरकार पर आरोप लगाया कि केन्द्र सरकार द्वारा जो राशि दी गई है उसे राज्य सरकार किसानों को नहीं दे रही है उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार धान खरीदी के लिए बारदाने की आपूर्ति नहीं कर पा रही है और केन्द्र सरकार पर बेवजह आरोप लगा रही है सुश्री पुरंदेश्वरी ने राज्य सरकार पर वादाखिलाफी का भी आरोप लगाया उन्होंने कहा कि वे केन्द्र सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने के उदेश्य से छत्तीसगढ़ के दौरे पर पहुंची है पार्टी की राष्ट्रीय महामंत्री ने केन्द्र सरकार द्वारा पारित कृषि कानूनों को किसानों के हित में बताया सुश्री पुरंदेश्वरी ने आज महासमुद जिला और तुमगांव मंडल के भाजपा पदाधिकारियों की बैठक ली इस मौके पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय प्रदेश महामंत्री भूपेन्द्र सवन्नी और सांसद चुन्नीलाल साहू के साथ अन्य पदाधिकारी मौजूद थे वहीं भाजपा के प्रदेश सह प्रभारी नितिन नवीन ने भी आज बेमेतरा प्रवास के दौरान पार्टी पदाधिकारियों की एक बैठक ली बाद में मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने राज्य सरकार पर धान खरीदी नहीं करने के लिए बहाने बनाने का आरोप लगाया श्री नवीन ने कहा कि राज्य सरकार अगर केन्द्र सरकार द्वारा धान खरीदी के लिए दी गई नौ हजार करोड़ रूपये की राशि का हिसाब नहीं देगी तो आने वाले दिनों में भाजपा द्वारा आंदोलन किया जाएगा

एकदिवसीय प्रवास के दौरान उन्होंने जिले में माओवादियों के खिलाफ जारी अभियान के बारे में जानकारी ली श्री माहेश्वरी ने सीआरपीएफ के अधिकारियों के साथ बैठक की और जवानों के साथ बातचीत कर उनका हौसला बढ़ाया वहीं इसी जिले में सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच मुठभेड़ होने की खबर मिली है जिला पुलिस बल और सीआरपीएफ की कोबरा बटालियन के जवान गश्त पर निकले हुए थे इसी दौरान गंगालूर थाना क्षेत्र स्थित हिरमा गोंडा के जंगलों में माओवादियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी जवानों द्वारा की गई जवाबी कार्रवाई के बाद माओवादी जंगल की ओर भाग गए घटनास्थल से एक बंद्क और तीर धनुष के साथ माओवादियों के दैनिक उपयोग की सामग्री बरामद की गई है गांजा बरामद राजधानी रायपुर के पास से आज करीब तीन करोड़ रूपये का गांजा जब्त किया गया है इस मामले में पांच आरोपियों की गिरफ्तारी भी हुई है मिली जानकारी के मुताबिक करीब पंद्रह सौ किलो गांजा एक ट्रक में भरकर आंध्रप्रदेश से महाराष्ट्र ले जाया जा रहा था इस बीच डायरेक्टोरेट ऑफ रेवन्यू इंटीलिजेंस ने कार्रवाई करते हुए यह गांजा जब्त किया संक्षिप्त समाचार रायपुर नगर निगम के महापौर एजाज ढेबर ने अपने कार्यकाल का एक वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में आज मीडिया से चर्चा की इस दौरान उन्होंने एक वर्ष में किए गए कार्यों का ब्यौरा दिया साथ ही प्रस्तावित कार्यों की भी जानकारी दी छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायक महासमुंद जिले से प्राप्त आवेदनों और प्रकरणों पर तेरह जनवरी को सुनवाई करेंगी यह सुनवाई महासमुंद जिला कार्यालय में सुबह ग्यारह बजे से शुरू होगी कोरिया जिले की मनेन्द्रगढ़ तहसील में कार्य में लापरवाही बरतने के आरोप में एक महिला पटवारी को निलंबित कर दिया गया है रेलवे प्रशासन द्वारा यात्रियों की सुविधा के मद्देनजर दुर्ग से नौतनवा के बीच तीन फेरों के लिए साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन का परिचालन किया जाएगा रायपुर रेलमंडल के तहत खुर्सीपार समपार फाटक की मरम्मत के कारण कल रात दस बजे से सात जनवरी को रात दस बजे तक सड़क यातायात बंद रहेगा नौकरी दिलाने के नाम पर करोड़ों रूपये की ठगी करने के आरोप में बलौदाबाजार पुलिस ने महिला और बाल विकास विभाग की सुपरवाइजर को गिरफ्तार कर लिया है यह महिला आरोपी पिछले कुछ वर्षो से फरार थी वहीं रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर मध्यप्रदेश के एक व्यक्ति द्वारा भिलाई के एक चिकित्सक से करीब बारह लाख रूपये की ठगी करने का मामला सामने आया है ऊर्जा संरक्षण और ऊर्जा दक्षता विषय पर दुर्ग में आयोजित जिला स्तरीय चित्रकला और स्लोगन स्पर्धा के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं महासमुंद जिले के सोनाखान परिक्षेत्र स्थित नवागांव बांस पौधारोपण क्षेत्र में बिजली का करंट लगाकर बायसन का शिकार करने के मामले में वन विभाग की टीम ने तीन लोगों को गिरफ्तार किया है कोरिया जिले के मनेन्द्रगढ़ थाना क्षेत्र स्थित चैनपुर के पास बीती देर रात हुए सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई बालोद जिले के झलमला घौटिया चौक के पास बीती रात एक पिकअप वाहन के पलट जाने से करीब बारह लोग घायल हो गए इनमें से कुछ लोगों की हालत गंभीर बताई जाती है कोंडागांव जिले के कोदेकरा गावं में एक बुजुर्ग महिला की हत्या के आरोप में पुलिस ने उसके बेटे को गिरफ्तार किया है कोरिया जिले के मनेन्द्रगढ़ स्थित झगराखांड में पुलिस ने चोरी की सात मोटरसाइकिलों के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है और कोरिया जिले के सोनहत विकासखंड स्थित गौरघाट जलप्रपात में दो दिन पहले डूबे युवक का शव आज बरामद कर लिया गया